प्रदेश मे प्रवासियों और श्रमिकों के गंतव्य वापसी का सिलसिला जारी

कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप प्रदेश में कुछ और आवश्यक गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पैदल जाने वाले श्रमिकों की संख्या काफी कम हो गई है सरकार ने ट्रेनों और बसों के माध्यम से भेजने के साथ ही उनके लिए कैम्प और भोजन की व्यवस्था की है इन शिविरों के कारण अब श्रमिक पैदल चलने की बजाय बस और ट्रेन के जरिए अपने गंतव्य पहुंच रहे हैं

उन्होंने बताया कि विदेशों से आ रहे जरूरतमंद श्रमिकों के क्वारेंटीन के लिए भामाशाहों से सहयोग लिया जायेगा

उन्होंने बताया कि रेड जोन में केवल आपातकालीन दंत प्रक्रियाएं ही की जा सकती हैं ओरेंज और ग्रीन जोन में दंत चिकित्सा क्लीनिक दंत परामर्श प्रदान करने के लिये कार्य करेंगे

इस कम में बीकानेर से दूसरी श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन कल शाम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए रवाना हुई

इसके अलावा उत्तराखण्ड के हरिद्वार के लिए रोड़वेज की दो श्रमिक एक्सप्रेस बसे रवाना हुई

केरल राज्य के तिरुर से चली श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी आज दोपहर हिंडौन सिटी पहुचेगी

जिला प्रशासन द्वारा सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के अलावा गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है

जहां से वे ट्रेन से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे इसके लिए इन्होंने सरकार का आभार जताया

उत्तरप्रदेश के लिए चलाई गई इस गाडी में टूंडला कानपुर लखनऊ और देवरिया के श्रमिकों को ले जाने की व्यवस्था की गई एक हजार तीन सौ से ज्यादा श्रमिकों को उनके गंतव्य भेजा गया इन श्रमिकों के चेहरों पर घर जाने की खुशी साफ देखी जा सकती है और इस इंतजाम के लिए इन्होंने सरकार का आभार जताया

यह ट्रेन बस्ती गाजियाबाद बरेली होते हुए सीतापुरा पहुंचेगी

कल अपने एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाईन टिकिटों की बुकिंग जल्दी ही शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि ये रेलगाडियां श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होगी इसके अलावा रेलवे श्रमिक स्पेशल रेलगाडियों की संख्या दुगनी करने की योजना बना रहा हैं ताकि प्रवासी श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके रेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में श्रमिक स्पेशल रेलगाडियों की संख्या बडे पैमाने पर बढाई जायेंगी

हालांकि चिकित्सकों की मेहनत भी रंग ला रही है और राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है

उन्होने बताया कि अधिकांश जिलों में स्थापित मेगा इकाइयों में से शतप्रतिशत इकाइयों ने उत्पादन आंरभ कर दिया है